छठ को लेकर घाटों पर किये गये सुरक्षा के कड़े इंतजाम

और राजधानी पटना समेत राज्यभर में डेंगू का प्रकोप अब भी जारी

लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना करेंगे चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धालु भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे इसके बाद छत्तीस घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो जायेगा खरना को लेकर गंगा समेत सभी नदियों के तटों पर सुबह से ही व्रतियों की भीड़ लगी है जहां वे स्नान के साथ ही पूजा के लिए पवित्र नदियों का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं छठ गीतों से पूरा प्रदेश गुंजायमान हो गया है छठ को लेकर सरकार ने विशेष व्यवस्था की है वहीं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी गंगा घाट अस्थायी घाटों और सड़कों पर सफाई तथा रौशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है कल भगवान भास्कर को सांयकालीन और परसो रविवार को प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जायेगा व्रती गंगा सहित विभिन्न नदियों और तालाबों के घाटों पर अर्घ्य प्रदान करेंगे व्रत कर रहे कई लोगों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर भी छठ व्रत करने की तैयारी की है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गयी है वहीं औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में आसपास के व्रतियों सहित अन्य राज्यों से भी छठ व्रतियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है बाईट अररिया का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध परमान नदी पर त्रिशूलिया छठ घाट नगर छठ घाट फारबीसगंज के पोखर सहित जिले के सभी पोखर और तालाब लोक आस्था का चार दिनों का महापर्व छठ के लिए समुचित सुविघाओं के साथ सजधज के तैयार है जिला प्रशासन द्वारा छठ घाटों पर साफ सफाई पर्याप्त रौशनी पेयजल के साथ छठ ब्रतियों के लिए सभी व्यवस्था के बीच पुलिस बलों की भी तैनाती की है बाजार में आज चहल पहल के साथ खरीददारों की भारी भीड़ उमड़ रही है इधर पारंपरिक छठ लोक गीतों की गूंज से पूरा माहौल छठमय और भक्तिमय बना हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से गौतम सिंह सहगल छठ को देखते हुये राज्यभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं विभिन्न घाटों पर पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गयी है प्रशासन द्वारा खतरनाक घोषित किये गये घाटों पर श्रद्वालुओं को जाने से रोकने के लिए पुलिस का विशेष पहरा रहेगा पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विभिन्न जिलों में छह हजार अतिरिक्त बलों की तैनाती की है केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों की चार कम्पनियों को पटना औरंगाबाद भागलपुर और मुंगेर में तैनात किया गया है विभिन्न नदियों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट से गश्त करेंगी घाटों पर स्थानीय गोताखोरों की भी व्यवस्था की जा रही है तीन नवम्बर तक गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी महापर्व छठ के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं तथा बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान सूर्य की प्रजा आराधना और लोक आस्था से जुड़े छठ पर्व से हमें साधना तपस्या पवित्रता स्वच्छता और निर्मलता बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि छठ महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी राज्यवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है उन्होंने लोगों से इस पर्व को प्ररी पवित्रता और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की है राज्य सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान देने की योजना के तहत एक सौ तिरसठ करोड़ रूपये से अधिक की राशि के खर्च को मंजूरी दी है इसके अन्तर्गत किसानों को कुल पचहत्तर तरह की मशीनों की खरीद के लिए चालीस से अस्सी प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा यह जानकारी देते हये कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में कृषि यांत्रिकीकरण मेले का आयोजन किया जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग ने जीआर और कृषि इनपुट अनुदान बांटने का संकल्प जारी कर दिया है इसके अन्तर्गत कृषि इनपुट अनुदान हर उस किसान को मिलेगा जिसकी फसल को तैंतीस प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ है हालांकि राज्य सरकार द्वारा तय अनुग्रह सहायता राशि के छह हजार रूपये केवल बाढ़ पीड़ित परिवारों को ही मिलेगा सूखा प्रभावित ऐसे परिवार को यह लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने तीन हजार रूपये की तत्काल राशि ले ली है केन्द्र सरकार ने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मामले में व्हाट्स एप से चार नवम्बर तक जवाब मांगा है साथ ही यह पूछा है कि करोड़ों भारतीय नागरिकों की डाटा सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाये जा रहे हैं सरकार ने कहा है कि वह निजता के अधिकार सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और गोपनीयता भंग करने के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी व्हाट्स एप पर भारतीय नागरिकों की गोपनीयता भंग करने के बारे में मीडिया की कुछ रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि ये केन्द्र सरकार की छवि ध्रमिल करने की साजिश है और पूरी तरह भ्रामक है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने शेयरिंग फैकेल्टी पर कड़ा रूख अपनाते हये कहा है कि अगर शिक्षक एक से अधिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं तो उनको रखने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द कर कार्रवाई की जायेगी परिषद ने सभी राज्य सरकारों राज्यपालों तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि एक शिक्षक एक ही समय में दो या ज्यादा संस्थानों में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं राजधानी पटना समेत राज्यभर में डेंगू का प्रकोप अभी भी जारी है पटना जिला डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है पीएमसीएच एनएमसीएच और आरएमआरआई में प्रतिदिन डेंगू के नये मरीज आ रहे हैं कल दो सौ सात नये डेंगू मरीजों की पहचान हुई एनएमसीएच में चौहत्तर आरएमआरआई में पैंतीस और पीएमसीएच में संतानवे लोग डेंगू पॉजिटीव पाये गये पीएमसीएच में हर रोज दो सौ से अधिक मरीज डेंगू की जांच के लिए आ रहे हैं बिना सब्सिडी वाला चौदह किलो का रसोई गैस सिलेंडर छिहत्तर रूपये महंगा हो गया है अब यह छह सौ अंठानवे रूपये की बजाय सात सौ चौहत्तर रूपये प्रति सिलेंडर मिलेगा बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गयी है मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अस्पताल में नर्स डॉक्टर्स और सिविल सर्जन से दुर्व्यवहार के मामले में जिलाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश दिया है उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को औराई प्रखंड परिसर में धारा एक सौ चौवालीस लगाने का भी आदेश दिया है गौरतलब है कि औराई पीएचसी में सिविल सर्जन सहित महिला नर्स से बदसल्की की घटना के विरोध में भासा और आईएमए संयुक्त रूप से दो नवंबर तक सदर अस्पताल और जिले के सभी पीएचसी के ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं सारण जिले के मांझी प्रखंड के जैतपूर पंचायत के तिवारी टोला में एक जनवितरण दुकानदार के पास से एक सौ साठ बोरा अनाज जब्त किया गया है छापेमारी के दौरान दुकानदार सुरेन्द्र भारती को भी हिरासत में ले लिया गया वहीं जिले के नगरा प्रखंड के खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास से पुलिस ने लगभग डेढ़ सौ लीटर देशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ पर्व से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके साथ ही अलग अलग खबरों को भी स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बंटवारे की खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बंटा दैनिक जागरण की सुर्खी है पूजा वाले घाटों पर किये गये हैं सारे इंतजाम प्रभात खबर ने छठ महापर्व की खबर को सुर्खी बनाने हुये लिखा है छठ महापर्व शुरू गुरूवार को व्रतियों ने ग्रहण किया कद्दू भात का प्रसाद आज खरना का प्रसाद आज से रखेंगे छत्तीस घंटे का निर्जला उपवास दैनिक भास्कर ने वैदिक परंपरा और पुराणों के जानकर प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक के छठ पर्व से संबंधित आलेख को सुर्खी बनाते हुये शीर्षक दिया है सूर्य देव से ही जन्म और मृत्यु का चक पैदा हुआ है इसीलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन में दुखों का अंधकार मिटाकर समृद्धि का उजियारा लायें और अब अंत में मुख्य समाचार छठ पर्व के दूसरे दिन आज होगा खरना का अनुष्ठान

छठ को लेकर घाटों पर किये गये सुरक्षा के कड़े इंतजाम

और राजधानी पटना समेत राज्यभर में डेंगू का प्रकोप अब भी जारी